स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिये सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं इस चरण के प्रमुख प्रत्याशियों में वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वाराणसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं वहीं केन्द्रीय मंत्री मनोज सिन्हा गाजीपुर से प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेन्द्र नाथ पांडे चंदौली से और पूर्व केन्द्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह कुशीनगर सीट से चुनावो मैदान में हैं

वोटिंग गोरखपुर कुशीनगर दवरिया बांसगांव सलेमपुर बलिया गाजीपुर चंदौली वाराणसी मिर्जापुर और रॉबर्टगंज सीटों के लिए होगी वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वाराणसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं वहीं केन्द्रीय मंत्री मनोज सिन्हा गाजीपुर से और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेन्द्र नाथ पांडे चंदौली सीट से दोबारा किस्मत आजमा रहे हैं

जबकि दो सीटों पर भाजपा के सहयोगी दल अपना दल के प्रत्याशी मैदान में हैं सुशील चंद तिवारी आकाशवाणी समाचार वाराणसी वाराणसी के जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि जिले में वाराणसी और चन्दौली दो संसदीय सीटों पर होने वाले मतदान को लेकर तैयारियॉ पूरी हैं उन्होंने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिये पेयजल शौचालय कूलर के साथ शेड की व्यवस्था की गई है वहीं दिव्यांग और वृद्ध मतदाताओं के लिये व्हीलचेयर का इंतजाम किया गया है नक्सल प्रभावित जनपद सोनभद्र में मतदान की सभी तैयारियॉ पूरी कर ली गई हैं यहां सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गये हैं और जानकारी हमारे प्रतिनिधि से राबर्टसगंज सीट पर दो महिला और दो निर्दलीय प्रत्याशी समेत कुल बारह प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं

जनपद के दो सौ छह नक्सल प्रभावित मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किये गये हैं साथ ही जनपद से सटे पड़ोसी राज्यों विहार छत्तीसगढ़ झारखंड मध्य प्रदेश की सीमाओं को सील कर दिया गया है

मिर्जापुर जिले में कल होने वाले मतदान के लिये दो हजार नवासी मतदान स्थल बनाये गये हैं जहां पर लोगों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग पटेल ने कहा कि चुनाव आयोग का लक्ष्य यहां पर पच्हत्तर प्रतिशत से अधिक मतदान का है

आज यहां पर हमारी दो हजार नवासी पोलिंग पार्टियॉ हैं वो विदा हो रही हैं हम लोगों ने निष्पक्ष मतदान कराने के लिये इक्कीस जोनल मजिस्ट्रेट एक सौ पैंतालीस सेक्टर मजिस्टेट और अट्ठारह स्टेटिक मजिस्ट्रेट लगाये हैं

इनमें तीन महिलाएँ है कल मतदान के दौरान मिर्जापुर के नक्सल प्रभावित इलाकों मे पड़ने वाले पोलिंग स्टेशनों पर केन्द्रीय सरक्षा बलों की पैनी निगाह रहेगी

बलिया में मतदान की तैयारी पूरी हो गई है शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान कराने के लिये विशेष प्रबंध किये गये हैं

ब्रथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं खास तौर पर क्रिटिकल बूथों पर पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है जिला प्रशासन ने बिहार प्रांत से सटी सीमा को सील कर दिया है यूपी और बिहार के बीच बहने वाली गंगा और घाघरा नदियों तथा उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में नाव पर पुलिस पेट्रोलिंग करने का निर्देश दिया गया है जिले की हर विधानसभा में एक एक सखी बूथ बनाया गया है जहां पीठासीन अधिकारी के अलावा तीनों मतदान अधिकारी महिलाएं तैनात की गई हैं केन्द्रीय निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता से संबंधित मुद्दों पर आयोग के कामकाज को लेकर मीडिया की रिपोर्टों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है आयोग ने इन रिपोर्टों को अनावश्यक करार देते हुए कहा है कि ये ऐसे समय आई हैं जब देशभर में सभी मुख्य चुनाव अधिकारी और आयोग के वरिष्ठ अधिकारी मतदान के आखिरी चरण और मतगणना की जोर शोर से तैयारियों में लगे हैं हाल ही में आयोग की एक बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला किया गया कि इस बार के लोकसभा चुनाव के दौरान उठे मुद्दों पर विचार के लिए एक समूह गठित किया जाना चाहिए और आदर्श आचार संहिता भी उन्हीं मुद्दों में शामिल है चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में फैसला लेने वाली बैठकों से निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा के अलग होने के बारे में मीडिया रिपोर्ट पर कांग्रेस ने सरकार की कड़ी आलोचना की है एक ब्यान में पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजवाला ने इन बैठकों से लवासा के अलग होने के बारे में मीडिया की एक रिपोर्ट का हवाला दिया है जिसमें कहा गया है कि निर्वाचन आयोग ने कुछ मामलों में लवास की असहमति को रिकॉर्ड नही किया इसलिए उन्होंने इन बैठकों से अपने को अलग कर लिया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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केदारपुरी में विकास और निर्माण कार्य की समीक्षा की आज तड़के उन्होंने केदारनाथ धाम में प्रजा अर्चना की प्रधानमंत्री कल बद्रीनाथ धाम की यात्रा करेंगे देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध उत्तराखंड तीर्थ धामों की धरती है यहां पर प्रतिवर्ष करोड़ों श्रद्धालु तीर्थयात्रा आध्यात्म के लिए देश विदेश से पहुंचते हैं गढ़वाल मंडल में स्थित चार धाम विश्व के जाने माने धार्मिक स्थलों में शामिल हैं

उधर गंगोत्री और यमनोत्री के कपाट अक्षय तृतीया के पुनीत अवसर पर श्रद्दालुओं के लिए खोले गए स्थानीय लोगों को चारधाम यात्रा से रोजगार भी मिलता है राघवेश पांडे आकाशवाणी समाचार देहरादून प्रदेश भर में आज बुद्ध पूर्णिमा श्रद्धा पूर्वक मनायी जा रही है इस अवसर पर भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना के साथ विविध कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं लखनऊ स्थित बौद्ध बिहार शांति उपवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि महात्मा बुद्ध ने राजपाट और घर परिवार त्याग कर कठोर तप से बुद्धत्व प्राप्त करके समाज सुधार का कार्य किया उन्होंने कहा कि अंध विश्वास और कुरोतियों को दूर करते हुये भगवान बुद्ध ने जो व्यवहारिक और सहज शिक्षा एवं दर्शन दिया ह वह आज भी प्रासंगिक है श्री नाईक ने कहा कि महात्मा बुद्ध सामाजिक समानता एवं समरसता के पक्षधर थे उनके द्वारा बताये गये अष्टांग मार्ग में एक वैचारिक दर्शन है

भगवान बुद्ध की महा परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में भी बुद्ध पूर्णिमा का त्याहार श्रद्धा भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है पेश है एक रिपोर्ट आज प्रातः महापरिनिर्वाण स्थल से बुद्धम शरणम गच्छामि की गूंज के साथ धूमधाम से रथ यात्रा शुरू हुई जो स्थानीय गांवों और नगर का परिभ्रमण कर संपन्न हुई रथयात्रा में बौद्धभिक्षुओं तथा स्थानीय जनता के अलावा भारी संख्या में विदेशों से आये हुये बौद्ध धर्मावलम्बी भी शामिल हुये इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किये गये कुशीनगर में दो महीने तक चलने वाला वैशाखी मेला भी आज से शुरू हो गया विश्व को शांति का पाठ पढ़ाने वाले उस अनन्य शांति दूत महात्मा बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन नेपाल के लुंबिनी में हुआ था फिर उन्हें बिहार के बोधगया में बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी जिसके सहचर्य प्रेम विश्व बंधुत्व और शांति संदेश की रस धारा से आज भी पूरा विश्व ओत प्रोत रहा है वैशाख पूर्णिमा के दिन ही कुशीनगर में उनका महापिरनिर्वाण हुआ था विवेक पाण्डेय आकाशवाणी समाचार कुशीनगर